मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सऊदी अरब की एक दिन की यात्रा पर आज रियाद के लिए रवाना होंगे श्री मोदी सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं इस यात्रा से दोनों देशों की महत्वपूर्ण भागीदारी के और मजबूत होने की उम्मीद है

प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर सऊदी अरब के शाह हज यात्रियों का कोटा बढ़ाकर दो लाख करने पर राजी हो गए हैं

प्रधानमंत्री कल सऊदी अरब के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तीसरे सत्र को सम्बोधित करेंगे यूरोपीय सांसद यूरोपीय संसद के सदस्यों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ भारत का संबंध साझा हितो और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को मजबूत करने और आतंकवाद से लडने के लिए घनिष्ठ अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया उन्होंने वैश्विक साझेदारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विकास के बारे में भी चर्चा की भारत आगमन पर यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि जम्मू कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में उनकी यह यात्रा उपयोगी साबित होगी सतर्कता सप्ताह केन्द्रीय सतर्कता आयोग आज से दो नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित कर रहा है ताकि लोगों के सहयोग से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्य निष्ठा़ को बढ़ावा मिल सके सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय निष्ठावान जीवन शैली रखा गया है आयोग ने कहा है कि इस विषय से समाज के सभी वर्गों में विशेषकर युवाओं को नैतिक आचरण का पता चलेगा और ईमानदार भेदभाव रहित तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाया जा सकेगा आयोग ने केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और संगठनों को सतर्कता सप्ताह के विषय से जूड़ी गतिविधियां आयोजित करने का अनुरोध किया है इन गतिविधियों में कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की ैशपथ दिलाना सतर्कता संबंधी गतिविधियों के बारे में पैम्फलेट और पर्चे बांटना भ्रष्ट लोगों की जानकारी देना और भ्रष्टाचार रोकने के अन्य उपाय भी शामिल हैं इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी सागर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के डाक्टर हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कूलपति प्रोफेसर राघवेन्द्र तिवारी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पहले दिन कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ दिलायी इस दौरान प्रोफेसर तिवारी ने भ्रष्टाचार हटाओ एक नया भारत बनाओं का नारा भी दिया स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि अगर खाद्य सामग्री में भिलावट न हो तो बीमारियों की आशंका कम हो जाएगी श्री सिलावट आज इंदौर के शासकीय पीसी सेठी अस्पताल में मरीजों के हालचाल तथा अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लेने पहुँचे थे इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे शद्द के लिये यद्द अभियान के संदर्भ में संवाददाताओं से कहा कि खाद्य सामग्री में होने वाली मिलावट विभिन्न रोगों को एक बड़ा कारण है श्री सिलावट ने यहां मरीजों को अपना मोबाइल नम्बर देते हुये उनसे कहा कि किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते है लोक स्वास्थ्य मंत्री ने यहां अस्पताल प्रबंधन को सुचारू व्यवस्था के लिये आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए

आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां जिले में धार्भिक मान्यता के अनुसार महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से पर्वत की आकृति बनाकर गोवर्धन पर्वत के रूप में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की गई माना जाता है कि आज के ही दिन भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के प्रकोप से पश्धन और लोगों की रक्षा की थी उधर बडवानी बैतूल धार नीमच देवास पन्ना सागरसीधी शहडोल अनूपपुर और डिडौरी सहित कई जिलों में इस अवसर पर किसानों द्वारा पशुओं को आकर्षक मेंहदी लगाई गई तथा उन्हें आभूषणों और फूल मालाओं से सजाया गया झाबुआ में हर वर्ष की तरह इस बार भी मन्नत धारियों के ऊपर से गाय गुजरने का आयोजन हुआ वहीं शिवपुरी और अशोकनगर में आज विभिन्न मंदिरों और घरों में अन्नकूट के आयोजन किये गये साथ ही सुहाग पड़वा के अवसर पर सुहागिनों ने अपने अखंड सुहाग के लिये बड़े बुज़ूर्गो का भी आशीर्वाद लिया सतना जिले के चित्रकूट में दौपदान की परंपरा निभायी गयी उधर वहीं छतरपुर जिले के ग्रामीण अंचलो में आज लोकनत्य मोनिया के आयोजन किये गये पांच दिवसीय दीपावली त्यौहार के अंतिम दिन कल भाईदूज का पर्व मनाया जाएगा हिंगोट इन्दौर जिले के गौतमपुरा में आज हिंगोट का आयोजन किया गया इसमें दो प्रतिद्वंदी दल तुर्रा और कलंगी विशेष रूप से तैयार हिंगोट से आपस में युद्ध लड़ते हैं सूर्यास्त के बाद शुरू होने वाले इस ं खेल में करीब एक घंटे तक दोनो दल एक दूसरे पर बारूद से तैयार हिंगोट फेंके इस परंपरागत आयोजन में घायल होने वाले लोगों के बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा और चिकित्सा प्रबंध किये गये थे उर्दू अकादमी मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा कल शाम भोपाल स्थित राज्य संग्रहालय में उर्दू नज्म और गज़ल पर एक सेमिनार साथ ही महफिल ए मौसिकी का आयोजन किया गया है अकादमी के सचिव डॉ हिसामउद्दीन फारूकी ने बताया है कि सेमिनार उर्दू नज्म और गजल विषय पर आधारित होगा महफिल ए मौसिकी में तापसी नागराज उर्दू की मशहूर नज्मों और गजलों की संगीतमय प्रस्तुति देंगी

किकेट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर डे नाइट टेस्ट खेलने का प्रस्ताव भेजा है बीसीबी प्रमुख अकरम खान ने कहा है कि वे इस पर विचार कर रहे हैं बांग्लादेश अगर इस प्रस्ताव पर सहमति जताता है तो ईडन गार्डन्स मैदान डे नाइट टेस्ट का आयोजन करने वाला देश का पहला स्टेडियम होगा

मौसम मौसम के बदले भिजाज के बीच पिछले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की बारिश हुई भोपाल में दीपावली पर्व पर दिन भर बूंदाबादी का दौर चलता रहा हालांकि आज यहां धूप खिलने से तापमान में थोडा इजाफा हुआ सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल और आज बादलों की लुका छिपी के बीच बुंदाबादी हुई उधर नीमच जिले के मौसम में भी बदलाव आया है वहां भी दोपहर बाद हल्की बारिश हुई प्रदेश के उज्जैन जबलपुर और सागर संभागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की खबर है मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बने चकवात की वजह से राज्य के अधिकांश जिलों के मौसम में बदलाव आया है

उधर इंदौर में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने गरीब और बेसहारा बच्चों के साथ दीपोत्सव मनाया

इसमें लोग अपनी समस्याएं और शिकायतो के संबंध में आवेदन दे सकते है

धार जिले के धामनोद में आज शाम अनियंत्रित हुए ट्राले ने चार वाहनों को टक्कर मार दी

बैतूल के आमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोवर्धन पूजा के लिये बैलों को नहलाने ले गये एक युवक की डेम में डूबने से मौत हो गयी